उन्होंने कहा कि सरकार अपराध रोकने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है

इस घटना के सभी आरोपी जेल में हैं

इससे पहले आज सदन में विपक्षी दलों ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध का मुद्दा उठाया

इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य सहमत रहे केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में बहुउद्देशीय लखवार परियोजना के निर्माण के लिए ऊपरी यमुना घाटी के छह राज्यों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं ये राज्य हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा और दिल्ली गंगा प्रनरूद्वार मंत्री नितिन गडकरी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग चार हजार करोड़ रूपये की इस परियोजना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं लखवार परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी पर दो सौ चार मीटर ऊंचे कंकरीट के बांध निर्माण की परियोजना है इसमें से लगभग आठ सौ क्यूबिक मीटर पानी इन छह राज्यों को घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जायेगा रेलमंत्री पियूष गोयल ने कहा है कि उनका मंत्रालय छह से आठ महीने में छह हजार रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने पर काम कर रहा है श्री गोयल आज नई दिल्ली में स्मार्ट रेल्वेज ॅकनक्लेव में बोल रहे थे उन्होंने बताया कि इस समय देश के सात सौ से अधिक स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सेवा उपलब्ध कराई जा रही है श्री गोयल ने कहा कि एक ओर सरकार फाइबर ऑप्टिक्स की सुविधा देश के दूरदराज के इलाकों तक पहुंचा रही है तो दूसरी ओर रेलवे अपने पूरे नैटवर्क के अंतर्गत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए काम कर रहा है श्री गोयल ने कहा कि सरकार स्मार्ट रेलवे और स्मार्ट देश की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी नागरिकों को एक बेहतर भविष्य मिल सके सरकार ने ड्रोन के सुरक्षित वाणिज्यिक उपयोग के लिए नियमों की घोषणा की है ये नियम पहली दिसम्बर से लागू होंगे नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू ने कल नई दिल्ली में बताया कि इन नियमों के अनुसार ड्रोन केवल दिन के समय और अधिकतम चार सौ फृट की ऊंचाई तक इस्तेमाल किए जो सकेंगे

रेड जोन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी पीला जोन नियंत्रित हवाई क्षेत्र होगा और हरे जोन में ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए किसी अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी श्री प्रभू ने बताया कि इन प्रगतिशील नियमों से मेड इन इंडिया ड्रोन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा

महोबा जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में कल देर रात हुयी एक सड़क दुर्घटना में तीन युवकों की मौत हो गयी मृतकों में दो सगे भाई थे